राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इधर जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नवर्विचित विधायकों के साथ पार्टी कार्यालय में समीक्षा बैठक की इस बैठक में विधानसभा चुनाव परिणाम के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया श्री कुमार ने बताया कि कल एनडीए के घटक दलों की बैठक में नेता के नाम के बारे में निर्णय लिया जायेगा

बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मांझी ने बताया कि उन्होंने पार्टी का समर्थन पत्र श्री कुमार को सौंप दिया है उन्होंने कहा कि वे नये मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की विधानसभा चूनाव में महागठबंधन के विभिन्न दलों के नवनिर्वाचित विधायकों की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आज बैठक हुई महागठबंधन की बैठक में एक सौ दस विधायकों ने तेजस्वी प्रसाद यादव को महागठबंधन का नेता और नेता प्रतिपक्ष च्रन लिया इससे पूर्व राजद विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि चुनाव में भले ही हमें कम सीटें मिली हो लेकिन यह जनादेश बदलाव का जनादेश है उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महागठबंधन के साथ है और जनवरी तक शिक्षा रोजगार की स्थिति नहीं सुधरी तो प्रदेश में इसके लिये व्यापक आंदोलन किया जायेगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार की प्रमुख वजह कांग्रेस की कमजोर रणनीति रही है श्री अनवर ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने उम्मीदवारों और सीटों के चयन में उत्तरदायित्व का वहन सही ढंग से नहीं किया है उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को बदले जाने की मांग करते हुए कहा कि पार्टी को हार पर गंभीरता से मंथन करना चाहिए श्री अनवर ने कहा कि इसके लिये पार्टी के आला नेताओं को पत्र भी लिखेंगे वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के लिये कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है

बिहार विधानसभा का कार्यकाल उनतीस नवम्बर को समाप्त हो रहा है विधान परिषद् के द्विवार्षिक चुनाव के तहत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना का कार्य जारी है अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नारायण यादव को एक हजार दो सौ छियानवे मतों से पराजित कर दिया है वहीं पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नतीजे देर रात तक आने की संभावना है इधर दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक क्षेत्र तथा दरभंग तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिये मतों की गिनती जारी है हमारे संवाददाता ने बताया कि ताजा रूझानों में तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से प्रोफेसर संजय सिंह जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मंत्री देवेश चंद्र ठाकुर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से आगे चल रहे हैं इधर दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आठ चक्र की मतगणना के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी मदन मोहन झा आगे चल रहे हैं उन्हें अब तब तीन हजार चार सौ चौदह मत मिल चुके हैं च्रनाव आयोग ने गोपालगंज के जिला पदाधिकारी अरशद अजीज को जदयू सांसद आलोक कुमार सुमन पर लगे आरोपों के संबंध में सीसीटीवी फूटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि मतगणना के दिन सांसद आलोक सुमन की केन्द्र पर उपस्थिति को लेकर मतगणना केन्द्र की तस्वीरें साझा की जाये गौरतलब है कि माले उम्मीदवार ने सांसद पर मतगणना केन्द्र पर उपस्थित होकर इसे प्रभावित करने का आरोप लगाया है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव छह छह प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है अब तक दो लाख सत्रह हजार नौ सौ अंठावन मरीज ठीक हो चुके हैं इस समय छह हजार नौ सौ पंद्रह मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इधर पिछले चौबीस घंटों में पांच सौ तेईस नये मरीजों की पहचान हुई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में सर्वाधिक एक सौ बारह नये मामलों की प्रष्टि हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में सताईस अररिया में छब्बीस पूर्णिया में बाईस बेगूसराय में बीस जहानाबाद कटिहार में उन्नीस उन्नीस और मधेपुरा में सत्रह नये मामले सामने आये हैं प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर बानवे दशमलव आठ नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान बावन हजार से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं स्वास्थ मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या अस्सी लाख छियासठ हजार को पार कर गई है देश में संक्रमित लोगों की दर पांच दशमलव छह तीन प्रतिशत है इस समय सक्रिय मामलों की संख्या चार लाख नवासी हजार है मंत्रालय ने कहा कि सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के कारण देश में स्वस्थ होने वालों की दर बढी है और मृत्यु दर में कमी आई है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान संक्रमण के सैंतालीस हजार नौ सौ पांच नये मामलों की पुष्टि होने के साथ ही यह संख्या छियासी लाख से अधिक हो गई है चिकित्सा विशेषज्ञों ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व पर बल दिया है डॉक्टर राजेन्द्र धमीजा ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जीवनशैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है उन्होंने एक बार में एक सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की

संतुलित भोजन के रूप में करना होगा नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतों जैसे कि सिगरेट शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा और अमी जो बाजार में आप है कि तमाम तरह के आमक विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें कि एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें उसके बाद आपकी इम्युनिटी ठीक हो जाएगी तो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आपको दूर रखें इम्युनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप एक दिन दो दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं सीवान जिले के गूठनी थाना क्षेत्र अंतर्गत धनवती बाजार में अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक को गोली मार दी और डेढ़ लाख रूपये लूटकर फरार हो गये गंभीर अवस्था में संचालक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है इधर नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के समीप एक व्यक्ति से चार लाख रूपये लूटकर भाग रहे दो अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया कोढ़ा गिरोह के ये दोनों सदस्य नगर थाना क्षेत्र से फरार हो गये सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड अंतर्गत गोलमा गांव में बिजली का तार ट्रटकर गिरने से कई घरों में आग लग गयी अगलगी की इस घटना में कई पशु जल गये साथ ही संपत्ति का भी नुकसान हुआ है बेगूसराय जिला मुख्यालय से करीब पच्चीस किलोमीटर दूर स्थित मंझौल के एशिया प्रसिद्ध कांवर झील को एक बार फिर अंतराष्ट्रीय वेटलैंड का दर्जा मिल गया है साथ ही इसे अंतराष्ट्रीय स्तर के रामसर साईट में भी शामिल किया गया है कांवर झील को राममसर साइट में शामिल किए जाने की जानकारी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने ट्वीट कर दी है शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील और पक्षी अभयारण्य कांवर अब बिहार का पहला और देश का उनतालीसवां रामसर साईट होगा स्थानीय लोगों ने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया है

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले एक सप्ताह में पारा और गिरेगा तथा कुहासा लगने की संभावना है विभाग ने कहा है कि आज से पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी जिससे न्यूनतम पारा में गिरावट आने के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी होगी पन्द्रह नवम्बर के बाद राजस्थान से पश्चिमी विक्षोभ बिहार में प्रवेश करेगा जिसके बाद मौसम के रूख में तेजी से बदलाव की संभावना है आज धनतेरस है आज के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुये थे आज के दिन सोना चांदी के साथ साथ अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद का प्रचलन है मान्यता है कि इससे घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है धनतेरस को लेकर पटना सहित प्रदेश भर में दुकानों पर सुबह से ही विशेष रौनक देखी जा रही है आभूषण की दुकानों गाड़ियों के शोरूम और इलेक्ट्रोनिक्स तथा बर्तन की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी है

राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर